नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के बत्तीसवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने यह बात कही उनका यह भाषण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रायपुर स्थित इग्नू के दीक्षांत समारोह में भी सुना जा सका उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा साक्षरता दर बढ़ाने में सहायक है उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इग्नू ने ऐसे अनेक पढ़ने वालों की राह आसान कर दी है जो उच्च शिक्षा के लिए नियमित तौर पर किसी संस्थान में नहीं जा सकते इग्नू के दीक्षांत समारोह के मौके पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एमके वर्मा और वाईस चांसलर प्रोफेसर मनोज कुलश्रेष्ठ उपस्थित थे आमंत्रित अतिथियों ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान किए लोकसभा चुनाव प्रसारण स्लॉट आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोकसभा चुनाव के सिलसिले में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को प्रसारण स्लॉट आज मुंबई के आकाशवाणी भवन में लॉटरी व्यवस्था से आवंटित किया गया राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दस मिनट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आठ मिनट तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को प्रसारण के लिए पांच मिनट का स्लॉट दिया गया है क्षेत्रीय दल शिव सेना को अड़तीस मिनट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इकतीस मिनट का स्लॉट दिया गया इन स्लॉट में राजनीतिक दलों के बारे में प्रसारण होगा इसका प्रसारण आठ अप्रैल से छब्बीस अप्रैल तक किया जाएगा लोकसभा चुनाव नामांकन प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज छठवें दिन भी नामांकन का दौर जारी रहा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन है आज रायपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी नामांकन दाखिल करने रायपुर स्थित कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे उनके साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे बाजे गाजे के साथ रैली की शक्ल में उनका काफिला कलेक्टोरेट पहुंचा था सरगुजा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार खेलसाय सिंह ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया अंबिकापूर स्थित कलेक्टोरेट कार्यालय में जब वे नाम निर्देशन पत्र जमा करने पहंचे तो उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद थे वहीं दूर्ग संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल भी नामांकन के लिए पहंचे उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तथा नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी थे

वे भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिले के लिए पहुंची थी तीसरे चरण के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन कल अंतिम दिन सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक दाखिल कर सकते हैं

पहले चरण में ग्यारह अप्रैल को माओवाद प्रभावित बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने की वजह से वहां की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज सुकमा के कलेक्टोरेट कार्योलय में समीक्षा बैठक ली बैठक में डीजी नक्सल ऑपरेशन गिरधारी लाल नायक ने बताया कि चुनाव के लिए जिला और पुलिस प्रशासन सहित सभी अधिकारी बेहतर समन्वय से कार्य कर रहे हैं उन्होंने बताया कि जिले के संवेदनशील इलाकों मे पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है कांग्रेस भाजपा बैठक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने चुनावी तैयारियों को लेकर आज रायपुर में संगठन पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली इसमें उन्होंने पदाधिकारियों से निर्वाचन के लिए तैयार रहने का आव्हान किया श्री पुनिया ने चुनाव के सिलसिले में संगठन पदाधिकारियों के सुझाव भी लिए साथ ही उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए दूसरी ओर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बस्तर क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे उन्होंने कोंडागांव में चुनावी रैली को संबोधित किया और लोगों से पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए प्रस्तावों की भी कड़ी आलोचना करते हुए सवाल उठाए उन्होंने कांग्रेस पर अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया

इसी कड़ी में रायपुर में मार्च फॉर वोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्मश्री महादेव प्रसाद पांडेय सहित अन्य गणमान्य लोगों ने मतदाताओं को मतदान का संकल्प दिलाया इस मौके पर शहीद स्मारक भवन से एक रैली भी निकाली गई जिसमें स्कूली बच्चों के बैंड ने मतदान जागरूकता की ध्न बजाई वहीं स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रायपुर के भाटागांव स्थित शहीद राजीव पांडेय शासकीय महाविद्यालय के व्याख्याताओं और विद्यार्थियों को मतदान करने की ऑनलाइन शपथ दिलाई गई इसी तरह अंबिकापुर में भी सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डाइट की ओर से व्याख्याताओं और कर्मचारियों के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया बसपा सूची बहुजन समाज पार्टी ने राज्य के ग्यारह संसदीय क्षेत्रों में से शेष तीन सीटों के लिए भी आज उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है बसपा ने पहले ही आठ सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था आज जारी सूची के अनुसार बसपा ने रायपुर से खिलेश्वर साह बिलासपुर से गुरू उत्तम दास गोसाई और कोरबा से परमित सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है मतदान शृष्क दिवस राज्य में लोकसभा निर्वाचन के मतदान और मतगणना की समाप्ति के अड़तालीस घंटे के पहले से शराब और इसी तरह के अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और इसे परोसने की मनाही रहेगी इस आशय का निर्देश भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया है राज्य में तीन चरणों में ग्यारह अट्ठारह और तेईस अप्रैल को मतदान होना है निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश में मतदान और मतगणना अवधि को शृष्क दिवस घोषित किया गया है राज्य के किसी भी क्षेत्र में यदि पुनर्मतदान की स्थिति निर्मित होती है तो पुनर्मतदान तिथि पर भी संबंधित क्षेत्र में शुष्क दिवस रहेगा

अब आंगनबाड़ी केन्द्र सुबह आठ बर्ज से दोपहर बारह बजे तक लगेंगे महिला और बाल विकास विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं परीक्षा समय सारिणी प्रदेश में कक्षा पहली से आठवीं तक की वार्षिक परीक्षाएं पहली बार कल से एक साथ शुरू हो रही हैं ये परीक्षाएं सोलह अप्रैल तक चलेंगी ये परीक्षाएं ऑब्जर्वर की मौजूदगी में ली जाएगी इसके लिए सहायक संचालक और संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा विभाग द्वारा जारी समय सारिणी के मुताबिक प्राथमिक स्कूल की कक्षा पहली से पांचवीं तक की परीक्षा सुबह आठ से दस और पूर्व माध्यमिक स्कूल की कक्षा छठवीं से आठवीं तक की परीक्षा सुबह आठ से साढ़े दस बजे तक होगी थल सेना भर्ती रैली थल सेना भर्ती रैली में छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी शामिल होने का मौका मिलेगा इस रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है

आवेदक प्रवेश पत्र पर फोटो चस्पा करने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे इस भर्ती रैली में प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे यह भर्ती रैली सैनिक सामान्य डयूटी जीडी सैनिक सामान्य डयूटी अनुसूचित जाति सैनिक तकनीकी सैनिक नर्सिंग सहायक सैनिक लिपिक स्टोर कीपर और सैनिक ट्रेडमेन के पदों के लिए की जा रही है संक्षिप्त समाचार देशी और विदेशी शराब दुकानों में निर्धारित कीमत से ज्यादा कीमत पर शराब बेचने की शिकायत पर रायपुर दुर्ग और सरगुजा जिले के तीन आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के राजनादगांव के पूर्व शहर जिला अध्यक्ष मेहुल मारू ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में संरक्षा कार्य की वजह से कल से सोलह अप्रैल तक कुछ यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा बिलासपुर पुलिस ने मोबाइल दुकानों से चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है इसके पास से तीस नग मोबाइल एक लैपटॉप सहित करीब छह लाख रूपये का सामान बरामद हुआ है